कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में ऐतिहासिक फैसला लिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दशकों से चली आ रही वंशवाद की राजनीति ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को आगे बढ़ने से रोका हुआ था नरेंद्र मोदी ने कहा कि नयी व्यवस्था में अब यह केन्द्र सरकार की प्राथमिकता होगी कि राज्य के कर्मचारियों को अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों और पुलिस कर्मचारियों की तरह समान सुविधाएं मिलें प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केन्द्र और राज्य के सभी रिक्त पद भरे जाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी जिससे स्थानीय युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार इस फैसले का विरोध करने वालों की आपत्तियों का भी सम्मान करती है और इन आपत्तियों को दूर करने के लिये भी काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार नये जम्मू कश्मीर और नये लद्दाख के लिए निष्ठा के साथ काम करेगी श्री मोदी ने घाटी में शांति बनाये रखने के लिए सुरक्षाबलों की सराहना की उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के उन लोगों को हर संमव सहायता देगी जो किसी अन्य स्थान पर रहते हों और त्यौहार मनाने के लिए घर लौटना चाहते हों रमेश पोखरियाल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों से कहा है कि वे नई शिक्षा नीति तैयार करने से पहले उस पर गहन विचार विमर्श में शामिल हों नई दिल्ली में नई शिक्षा नीति के मसौदे पर चर्चा के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उच्चतर और तकनीकी शिक्षा सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि भारत शोध में तेजी लाकर विश्व में सबसे आगे निकल सकता है निशंक ने कहा कि शिक्षा नीति पूरे देश के लिए है और इस नीति में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए छात्रवृति दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने प्रदेश में तीन छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की हैं इनमें प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक और डिग्री डिप्लोमा छात्रवृत्ति शामिल है

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में बीती रात से मॉनसून की व्यापक वर्षा हो रही है वर्षा से कई स्थानों पर सड़कें अवरूद्व हैं और नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि सीताराम नेगी के अनुसार किन्नौर जिले में तीन से अधिक स्थानों पर बादल फटने व बाढ़ आने से चार जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन ठप्प हो गया है और दो स्थानों पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी अवरूद्व है जिला प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है वहीं गिरी नदी का जलस्तर बढ़ने पर गिरी जटौन बांध के गेट खोल दिए गए हैं राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने लोगों से नदी के आसपास न जाने की अपील की है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल के स्कूलों में पढ़ने वालों को ही तृतीय चतुर्थ श्रेणी नौकरी पंजाब केसरी के शब्द हैं शिक्षा बोर्ड लेगा पांचवीं और आठवीं की परीक्षा

दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल में की पढ़ाई तभी गैर हिमाचली को सरकारी नौकरी दैनिक भास्कर के मुताबिक हिमाचल के स्कूलों से पढ़ने वाले ही यहां कर सकेंगे क्लास थ्री फोर की नौकरी हिमाचल दस्तक का कहना है अब सिर्फ हिमाचलियों के लिए होंगे क्लास थ्री और फोर के पद दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है जयराम सरकार ने खोला प्रदेश में बंपर भर्ती का पिटारा मंत्रिमंडल ने लिए कई अहम फैसले आपका फैसला के अनुसार मदर टेरेसा मातृ असहाय संबल योजना के तहत अब मिलेंगे छह हजार एसएमसी शिक्षकों की भर्ती पर रोक शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल सरकार का हाईकोर्ट को आश्वासन अब नहीं होगी ऐसी नियुक्तियां जबकि अमर उजाला के शब्द हैं प्रदेश में एसएमसी से शिक्षक भर्ती बंद पहले से नियुक्त शिक्षकों की जारी रहेंगी सेवाएं पंजाब केसरी दैनिक सवेरा टाइम्स और आपका फैसला का लगभग एक जैसा शीर्षक है एसएमसी शिक्षकों की भर्ती पर रोक गुड़िया मर्डर केस की चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है डॉक्टर्स ने दी गवाही जिन चोटों से सूरज की मौत हुई वो उसे पुलिस कस्टडी में ही लगीं